प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश विभिन्न मोर्चो पर बहत साली च्नौतियों का सामना कर रहा है

आत्मनिर्भर भारत की महता को दर्शाते हये उन्होंने कहा कि हमारा देश च्नौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रयासरत है उन्होंने आत्म निर्भरता को कोविड के बाद की दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करने का एक मात्र सामधान बताया श्री मोदी ने कहा कि आत्म निर्भरता पिछले छ वर्षो मे सरकार के नीतिगत फैसलों मे सर्वोपरि हो गई है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने इस दिशा में प्रयासरत तेज़ करने का एक मौका दिया है भारतीयों के लिए स्वामी विवेकानंद के संदेश को याद करते हुये कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरे देशों में बाज़ार पूंधने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आत्म निर्भरता ही भारत के लिए म्ख्य समाधान है हरियाणा में अतिरिक्त नहरी पानी के लिए राय शुल्क नीति में परिवर्तन किया जा रहा है सरकार ने यह पानी किसानों में बांटने का फैसला किया है

उन्होंने कहा कि पांच सितारा रेटिंग के मापदंड बदलने के कारण इस काम में देरी हई है

उन्होंने लोगों से अपील की कि वह सूर्यग्रहण मेले में स्नान एवं पूजा अर्चना हेत् क्रुक्षेत्र ना जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की अस्विधा का सामना ना करना पड़े

आज पंचकला में वर्जूअल रैली की तैयारियों का जायज़ा लेने पहंचे श्री बराला ने कहा कि इस ऑन लाइन रैली का उददेश्य सरकार दवारा एक साल में किये गये कार्यो को जनता तक पहंचाना है उन्होंने बताया कि प्रदेश की इस पहली ऑन लाइन रैली को केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश प्रभारी डॉ अनिल जैन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्बोधित करेंगे रैली में प्रदेश के सभी जिलो के कार्यकर्ता भी ऑनलाइन जुड़ेंगे

उन्होंने आज चंडीगढ़ में बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना से भू जल बचाने की मुहिम को और अधिक बल मिलेगा

पंचकूला से हमारी संवदाता ने बताया है कि जिले मे आज चार लोग कोरोना संक्रमित पाये गये है सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि तीन मामले मनसा देवी कम्पलैक्स सेक्टर पांच से है

भिवानी से आज तीन नये मामले सामने की जानकारी मिली है

सिविल सर्जन डॉ सुरेन्द्र नैन ने बताया कि अग्रोहा से दो मरीज़ों का स्वस्थ होने के बाद छ्टटी भी दी गई है

सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि ये हाल की में कोरोना पोजिटिव पाये गये व्यक्ति के सम्पर्क में थे

दो लोगों को स्वस्थ होने के बाद छूटटी भी दी गई है अम्बाला के सिविल सर्जन डॉ क्लदीप ने आज एक कोरोना संक्रमित युवती की मृत्यु होने की जानकारी भी दी है

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्र्प्ता ने आज पंचकला में एक्सटेंश्न सेक्टरों की सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया

उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में उच्च ग्णवत्ता का विशेष ध्यान रखने की ताकीद भी की चरखी दादरी मे आज जिला प्रशासन और रेडक्रास सोसायटी दवारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया